कार्यसूची के मुताबिक प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे

वहीं मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क सुधार परियोजना पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे

कल देर शाम राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा सचिव ने इस बारे अधिसूचना जारी कर दी इस नीति को लागू करवाने के लिए शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसमें विभिन्न विभागों के सचिव विश्वविद्यालयों के कुलपति और स्कूल कालेजों के शिक्षक सदस्य शामिल होंगे

इन निर्देशों के तहत छात्रों के बीच कॉपी पेन पेंसिलें पानी की बोतलों आदि का आदान प्रदान करने की मनाही रहेगी सभाओं और खेलों पर भी प्रतिबंध रहेगा और छात्रों को स्कूल आने के लिए माता पिता की लिखित अनुमति भी जरूरी होगी

स्कूल परिसर के अंदर के कैफेटेरिया या मेस भी बंद रहेंगे शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी आधी संख्या में बुलाए जाएंगे ताकि ऑनलाइन शिक्षण या टेली काउसिलिंग और इससे संबंधित कार्य हो सकें इसके अलावा स्कूलों में फेस कवर मास्क सेनेटाइजर आदि का पर्याप्त इंतजाम रखा जाएगा जिन स्कूलों का क्वेरंटाइन सेंटरों के रूप में इस्तेमाल किया गया है उन्हें सही तरह से सेनेटाइज किया जाएगा

जिसके चलते कल दोपहर बाद से वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है

जिसके चलते बंजार लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों ने प्रशासन से इस पुल का स्थायी समाधान करने की मांग की है अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में हुए वाकआउट को प्रमुखता दी है अमर उजाला के शब्द हैं स्वास्थ्य मंत्री जवाब देने उठे तो विपक्ष ने कर दिया वाकआउट दिव्य हिमाचल के शब्द हैं चार विधायकों को बोलने का मौका न देने पर भड़का विपक्ष कांग्रेस का वाकआउट पंजाब केसरी लिखता है हिमाचल विधानसभा में दूसरे दिन भी हंगामा विपक्ष ने किया वाकआउट दैनिक भास्कर की सुर्खी है नेता प्रतिपक्ष का आरोप स्थगन प्रस्ताव विपक्ष का और उनको ही बोलने नहीं दे रहे आपका फैसला के शब्द हैं स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के बीच हंगामा विपक्ष का वाकआउट कोरोना से जुड़ी खबर को हिमाचल दस्तक ने शीर्षक दिया है अब स्वास्थ्य विभाग में कोरोना महेंद्र सिंह की फर्स्ट रिपोर्ट पॉजीटिव

दिव्य हिमाचल की सुर्खी है प्रदेश में कोरोना से पांच मौतें

प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को दिव्य हिमाचल ने शीर्षक दिया है किसी भी कर्मी को तीन साल से ज्यादा सरकारी आवास नहीं इसी खबर पर दैनिक भास्कर लिखता है सरकारी आवास आवंटित करने के नियमों में न दें ढील कल से खुल जाएंगे मंदिर घंटियों को चुनरियों से बांधा गया दैनिक भास्कर की एक खबर है